प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्म निर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है उन्होंने भारत को धन्यवाद देने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति के टवीट का जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की इसलिए सेवा कर पा रहा है कि वह दवायें और टीके बनाने में सक्षम और आत्म निर्भर है उन्होंने कहा कि भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा कर सकेगा

उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है श्री मोदी ने सबसे अपील की कि वे कडी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करें तथा देश को और तेज गति से आगे ले जाएं

श्री मोदी ने कहा कि सरकारी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों की मदद के लिए गांव की दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी की वर्णमाला पेंट करा दी थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने से दुमका जिले के डुमरधर विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार बेहद खुश हैं उन्होंने कहा कि आज उनके और उनके विद्यालय के लिए गौरव का दिन है सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने कल से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत महत्वपूर्ण कदम है मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम कॉमन एरिया प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम छह फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखने को कहा गया है फेस मास्क पहनने और कोविड अनुकूल व्यवहार को भी आवश्यक किया गया है

कल स्वास्थ्य अभिकर्ता घर घर जाकर खुराक पिलायेंगे

पूरे राज्य में अब तक चालीस हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं

झारखण्ड में व्यापारिक समुदाय तथा सुक्ष्म लघु और मझोले उद्यम से जुड़े लोगों को कल प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं झारखण्ड वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष प्रवीण जैन को उम्मीद है कि जीएसटी को सरल किया जायेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऋणों पर ब्याज दर कम की जायेगी

राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्म ने महिला शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे सुरक्षित जीवन जी सकें वे आज सिमडेगा जिले में बानो डिग्री कॉलेज और महिला कॉलेज का उदघाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रही थीं

राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है मौसम विज्ञान केन्द्र रांची के अनुसार राज्य में बादल छटने के बाद अचानक ठंड बढ़ी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानूमान में बताया है कि अगले दो तीन दिनों तक तापमान में और गिरावट आएगी तथा ठंड में भी इजाफा होगा राज्य के क्छ इलाके शीतलहर की चपेट में भी हैं मौसम विभाग ने कल रांची पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार लोहरदगा रामगढ़ और गिरिडीह में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान भी व्यक्त किया है कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ गोड्डा जिले से आज ट्रैक्टर यात्रा शुरू की गई राज्य के कृषि मंत्री बादल और विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में शुरू हुई यह यात्रा सत्तर किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर तक गई यात्रा शुरू करने से पहले मंत्री बादल ने सिद्धू कान्हू और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखते थे जो सदियों से जीवंत बनी हई है वह देश को एक राजनीतिक या भौगोलिक इकाई से परे एक जागृत भारत बनाना चाहते थे